प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मॉनसून से पहले की वर्षा चिलचिलाती गर्मी से मिली हल्की राहत

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के साथ यूएई के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर थनी अल जियोदी से भेंट की और उन्हें पर्यटन व रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने बाद में दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माजिद सैफ अल घुरैर के साथ भी बैठक की इस दौरान यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्वेस्टर मीट में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल सरकार उन परियोजनाओं की सूची चैम्बर को उपलब्ध करवाएगी जिनमें निवेश की अधिक सम्भावनाएं हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दुबई के लुलु इन्टरनेशनल ग्रुप को भी प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया

ये जानकारी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के आर्थिक सम्बध मंत्रालय के सचिव से मुलाकात के बाद दी

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि चम्बा जिला ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के आधार पर देशभर में ये मुकाम हासिल किया है

उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वह चौथे न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि वे अपने साथी न्यायाधीशों बार काउंसिल और उच्च न्यायालय के स्टाफ के साथ समन्वय से काम करके अदालत के उच्च आदर्शो को कायम रखेंगे

इसके लिए दो स्तरों पर काम किया जा रहा है एक ओर जहां नशीले पदार्थों की आपूर्ति को रोका जा रहा है वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों की खेती को भी नष्ट किया जा रहा है मरड़ी आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि जिले में अपराधों का ग्राफ कम हआ है

राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकारवार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पार्टी हाईकमान के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा राठौर ने बंजार बस दुर्घटना के मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की

शिमला में इसकी शुरूआत शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने की उन्होंने इस मौके पर कहा कि डायरिया की बीमारी पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है उन्होंने कहा पहले देश में डायरिया के कारण हर साल लगभग एक लाख बच्चों की मौत हो जाती थी लेकिन केन्द्र और प्रदेश सरकारों के प्रयासों से इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है

इस पखवाड़े के दौरान सभी जिला अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पांच वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां दी जाएगी मण्डी में इस अभियान की शुरूआत उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाकर की

बिंदल आज संगड़ाह विकास खण्ड की शामरा पंचायत में नवनिर्मित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे

इसके लिए मनरेगा के तहत जिला व खण्ड स्तर पर कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर आज ऊना में आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान और उनकी आय बढ़ाने के उपाय ढूंढने होंगे उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया

राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों सहित मण्डी सिरमौर कुल्लू और ऊना के अनेक हिस्सों में इस दौरान व्यापक वर्षा हुई मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिसके प्रभाव से अगले लगभग एक सप्ताह तक राज्य में अलग अलग समय पर वर्षा होगी